उनकी यात्रा चितरंगी से शुरू हुई इस दौरान जनसभाओं में मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे जनता की समस्याओं की जानकारी है मैं आपके लिए और बेहतर करना चाहता हूं इसके लिए मुझे आप सभी का समर्थन और आशीर्वाद चाहिए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को क्षेत्र और प्रदेश के विकास के प्रति उदासीन रहने की आलोचना की यात्रा के रास्ते में लोगों ने जगह जगह मुख्यमंत्री का फूल बरसाकर स्वागत किया इसके बाद मुख्यमंत्री ने मंच से उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए चैथी बार विजय के लिए आशीर्वाद मांगा राकेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कल सागर में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक की और चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके कठोर परिश्रम से ही जीत का मार्ग प्रशस्त होगा और पार्टी चौथी बार प्रदेश में सरकार बनाने में सफल होगी

उन्होंने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि रोटी कपड़ा और मकान जनता का मौलिक अधिकार है लेकिन कांग्रेस ने जनता को इससे दूर रखा

महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल समापन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक थी

इसके बाद ब्रिज में शिबनाथ सरकार और प्रणब बर्धन की जोड़ी ने मेन्स पेयर में स्वर्ण पदक जीता स्क्वाश में भारतीय महिला टीम को रजत पदक मिला भारतीय पुरूष हॉकी ने पाकिस्तान को दो एक से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया मुख्यमंत्री खेल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एशियाई खेल में भारतीय महिला हाकी में शामिल खिलाडी रीना खोखर और मोनिका को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेल में मध्य प्रदेश की बेटियां हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं

राष्ट्रीय प्रशिक्षण मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भोपाल में कल से सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट और स्वीडन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के सहयोग से चार दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा पर्यावरण मंत्री अंतर सिंह आर्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का श्भारंभ करेंगे श्भारंभ सत्र में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष अनुपम राजन विशेष अतिथि होंगे कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण स्वीडन एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के हेड बिजासन का व्याख्यान होगा

भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में श्रद्वालुओं की भीड़ उमड़ रही है जन्माष्टमी पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को बधाई दी है श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर राज्य की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएँ दी हैं राज्यपाल श्रीमती पटेल ने शुभकामना संदेश में कहा है कि भगवान श्रीकृष्ण ने दुनिया को सत्य के मार्ग पर चलते हुए कठिनाईयों का सामने करने की सीख दी है भगवद गीता के उपदेश जनमानस के लिए जीवन दर्शन प्रस्तुत करते हैं मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शुभकामना संदेश में कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने श्रीमद् भगवद् गीता के माध्यम से कर्मयोग की शिक्षा दी उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण का जीवन भक्ति ज्ञान और कर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है जेल मंत्री अन्तर सिंह आर्य ने कल भोपाल सेन्ट्रल जेल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में होने वाले कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया वहीं सीहोर जिले में कल शैव पंथियों ने पारम्परिक उत्साह और आस्था से जन्माष्टमी मनाई महाकालेश्वर सवारी उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की शाही सवारी आज निकाली जायेगी उज्जैन भगवान श्रीकृ ष्ण की शिक्षा स्थली भी है शाही सवारी के साथ जन्मअष्टमी होने के कारण जिला प्रशासन ने श्रद्वालुओं की सुरक्षा के लिये व्यापक इंतजाम किये हैं शाही सवारी निकलने के पूर्व सामाजिक संगठनो एवं अधिकारियों की कल बैठक हुई शाही सवारी को लेकर जिला एवं पुलिस प्रशासन ने सभी अधिकारियां को आवश्यक दिशा निर्देश दिये हैं

महाकालेश्वर मंदिर में मराठा पांचांग के अनुसार श्रावण एवं भादौ महीने के प्रत्येक सोमवार को सवारी निकाली जाती है दुष्कर्म उम्रकैद शिवपुरी जिले की एक अदालत ने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है

मौसम प्रदेश में कुछ स्थानों को छोड शेष जगहों में बारिश से राहत मिली है राजधानी भोपाल में पिछले एक सप्ताह से रिमझिम फुहारों के दौर से कल हल्की राहत मिली हांलाकि दिन भर बादल छाए रहने से मौसम सुहावना बना रहा मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार पिछले दो तीन दिन से प्रदेश में बने सिस्टम सक्रिय है जिसके चलते कल दतिया में चार इंच से अधिक टीकमगढ में तीन इंच के आसपास तथा अन्य स्थानों पर भी हल्की बारिश हई टीकमगढ में पिछले तीन दिनों से लगातार बारिश होने से प्रमुख नदियां उफान पर हैं ओरछा स्थित जामनी बेतवा एवं सातार नदी के ऊफान पर आने से पर्यटन नगरी का जिले के साथ ही झांसी से भी संपर्क क्छ समय के लिए ट्रट रहा मुरैना जिले में लगातार बारिश के चलते कोतवाल और पिलुआ डेम का जल स्तर बढ़ने से उनका एक एक गेट खोला गया है आसपास के दो दर्जन से अधिक गांवों के लोगों को जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान टीकमगढ छतरपुर पन्ना सागर दमोह गुना ग्वालियर दतिया अशोकनगर शिवपुरी भिंड मुरैना श्योपुर राजगढ आगर नीमच तथा मंदसौर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है

डॉ मिश्र बरसते पानी में गलियों से होते हुए जल भराव वाले क्षेत्र में पहुँचे और अधिकारियों को जल निकासी के लिये निर्देश दिये

इस हादसे के बाद ग्राम में शोक की लहर छा गई

जिसमें कुशल कारीगर प्रशिक्षण देंगे